न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश रचने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का दोषी ठहराया है न्यायालय ने कहा कि सज्जन कुमार को इकतीस दिसम्बर तक आत्मसमर्पण करना होगा न्यायालय ने सज्जन कुमार को दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया है उच्च न्यायालय पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन भागमल गिरधारी लाल पूर्व विधायक महेन्द्र यादव और किशन खोखर को भी इस मामले में दोषी करार दे चुका है उच्च न्यायालय आज उन्नीस सौ चौरासी के दंगा मामलों में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई दंगा पीड़ितों और दोषियों की अपीलों पर सुनवाई कर रहा था निचली अदालत ने सज्जन क्मार को बरी कर दिया था इकतीस अक्तूबर उन्नीस सौ चौरासी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद ये दंगे हुए थे उधर कांग्रेस नेता सज्जन क्मार को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि सच्चाई छुपाने की कोशिशें अब नाकाम हो चुकी हैं दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा कि सज्जन कुमार को सजा सुनाये जाने से उन्नीस सौ चौरासी के दंगों में उनका शामिल होना सिद्द होता है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि आखिरकार इस मामले में न्याय मिल गया है शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंद्माजरा ने मांग की है कि दंगो में शामिल अन्य कांग्रेस नेताओं पर भी मुकदमें चलाए जाए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस फैसले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए संसद के दोनों सदनों की आज की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित हई है राज्यसभा में आज कावेरी और अन्य मुद्रों पर विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई सदन की कार्यवाही शुरू होने पर दोनों पार्टियों के सदस्य हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी करने लगे उधर लोकसभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित रहने के बाद फिर शुरू हो गई है पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस सदस्य राफेल विमान सौदे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जे पी सी के गठन की मांग करते हुए फिर सदन के बीचें बीच पहुंच गए विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष का विरोध भी जारी रहा वामपंथी दलों राष्ट्रीय जनता दल और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी खड़े हो गए भाजपा सदस्य कांग्रेस पर देश को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए उनसे माफी मांगने की मांग करने लगे शोर शराबे के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि आगामी ग्रीष्म ऋतु में लखनऊवासियों को बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाये समी को चौबीस घंटे बिजली मिले इसके लिये कार्य योजना बनाकर समी कमियों को इकतीस जनवरी दो हजार उन्नीस से पहले हर हाल में दुरूस्त कर लिया जाये उन्होंने निर्देश दिया है कि लखनऊ शहर में बांस बल्ली के माध्यम से बिजली आपूर्ति वाले इलाकों की पहचान कर इकतीस मार्च दो हजार उन्नीस से पहले पोल लगाय जाऐ जहां भी जरूरी हो वहां ट्रांसफार्मर एवं उपकेन्द्र की क्षमता में वृद्वि कर के लो वोल्टेज की समस्या खत्म की जाये प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है

इस सत्र में प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किये जाने की भी सम्भावना है प्रदेश भर में आज आजादी की लड़ाई के नायक राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी का बलिदान दिव्स मनाया जा रहा है विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियों का आयोजन कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुये श्रद्वांजलि दी जा रही है जौनपुर के सरावां में आज हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर दीप जला कर राजेन्द्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्वाजलि दी प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज आसमान में बादल छाये रहे जिसके कारण धूप नही निकल सही मौसम विमाग ने अगले चौबीस घटों में तापमान को और गिरने का अन्मान व्यक्त किया है